योजना बन जाने पर समयबद्व तरीके से उस पर प्रभावी रूप से अमल भी किया जायेगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ हयी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेष सरकार की षुरू से यह मंषा रही है कि उत्तर प्रदेष उत्तम प्रदेष बने इस प्रयास में नीति आयोग के हर सुझाव का स्वागत है अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई प्ररी करने के लिए छह महीने का समय मांगने वाली याचिका आज उच्चतम न्यायालय में दाखिल की अपने पत्र में विशेष न्यायाधीश ने न्यायालय को बताया कि वे इस वर्ष तीस सितम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया पिछली लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह अमान्य हो गया इसके माध्यम से भारत में कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना है यह विधेयक केन्द्र स्तर पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड और समुचित प्राधिकरण गठित कर सरोगेसी पर नियमन का प्रावधान करता है इसका उद्देश्य सरोगेसी पर प्रभावी नियमन के साथ साथ कमर्शियल सरोगेसी पर पाबंदी लगाना और नैतिक सरोगेसी की अनुमति देना है

विधेयक प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि संशोधन से जांच एजेंसी को मजबूती मिलेगी और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच में तेजी आयेगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने आज लोकसभा में मोटरवाहन संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया यह विधेयक मोटरवाहन अधिनियम उन्नीस सौ अट्ठासी में संशोधन करेगा संशोधन में प्रस्तावित बदलावों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड में बढ़ोतरी थर्ड पार्टी बीमा संबंधी मुद्दों के समाधान कैब संचालकों पर नियमन और सड़क सुरक्षा उपाय शामिल हैं वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि नैशनल इंश्योरेंस युनाइटेड इंडिया एश्योरेंस और ओरियंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एक कंपनी बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि पचपन विमानों का नवीनीकरण किया गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन विमानों का उन्नयन नहीं हुआ है वे काम नहीं कर रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने गिरावट का रूख रहा यह जून महीने में पिछले तेईस महीने के सबसे निचले स्तर दो दशमलव शुन्य दो प्रतिशत पर रही आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मई महीने में दो दशमलव चार पांच प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष के जून महीने में यह पांच दशमलव छह आठ प्रतिशत थी खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में बेहद मामूली गिरावट आई और यह मई महीने के छह दशमलव नौ नौ प्रतिशत से कम होकर जून में छह दशमलव नौ आठ प्रतिशत पर आ गई नेपाल में पिछले पांच दिनों से हो रही तेज वर्षा से जुड़ी घटनाओं में सड़सठ लोगों की मौत हो गई है तीस लोग अब भी लापता हैं और तैंतालिस लोग बाढ़ और भू स्खलन से घायल हुए हैं अट्ठाईस जिलों में बृहस्पतिवार से भारी बारिश के कारण सैंकड़ों मकान ध्वस्त हो गये और हजारों लोग बेघर हो गये बाढ़ से देश के अधिकांश हिस्सो में यातायात विद्यत और पेयजल आपूर्ति में बाधा आई है बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं प्रदेष के तराई जिलों में भारी बारिष के बाद बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कई नदियां खतरे के निषान के करीब पहुंच गई हैं प्रषासन ने बाढ़ से बचाव की तैयारी षुरू कर दी है हाल ही में भारी बारिष ने प्रदेष के कई जिलों में खास तौर पर तराई के इलाकों में भारी तबाही मचाई है बहराइच सिद्दार्थ नगर कृषीनगर गोण्डा बस्ती मऊ बाराबंकी और गोरखपुर में निचले इलाके पानी में डुब गए हैं इन जिलों घाघरा राप्ती कुआनो और गण्डक सहित सभी नदिया खतरे के निषान के करीब बह रही हैं नेपाल से आ रहा पानी भी जलस्तर बढ़ा रहा है और इस पानी के चलते नेपाल से सटे इलाकों में कई सम्पर्क मार्ग बंद हो गए हैं नदियों के किनारे रह रहे लोगों ने अपने गांव खाली करने षुरू कर दिए हैं और वो सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं प्रषासन हालात पर नजर बनाए हुए है और इन इलाको में जरूरतमंद लोगों को मदद मुहैया करा रहा है सुषील चन्द्र तिवारी आकाषवाणी समाचार लखनऊ